एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है

अब ये नवम्बर की परीक्षाओं से जोड़ दी गई हैं धर्मचक दिवस राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद धर्म चक्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले आषाढ़ पूर्णिमा समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उदघाटन करेंगे इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के संदेशों और उनके आष्टांगिक मार्ग पर वीडियों के माध्यम से संबोधन करेंगे किल कोराना कोरोना की रोकथाम के लिए चल रहे किल कोरोना अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों को सभी विभागों की भागीदारी सुनिश्चत करने को कहा है उन्होंने अन्य प्रदेशों की तुलना में राज्य में कोरोना के संकमण को रोकने में मिली सफलता के बाद भी प्रयासों में कमी न आने देने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि यह जन जन का अभियान है जिसमें सरकारी विभागों सामाजिक संगठनों और समुदाय की भागीदारी भी होनी चाहिए मुख्यमंत्री भिंड ग्वालियर और मुरैना जिलों की स्थिति की समीक्षा की

इन्दौर जिले में करीब तीन हजार दल घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं दो दिनों में ढ़ाई लाख लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है

श्री चौहान इसके आद सांवेर उदवहन सिंचाई परियोजना की प्रगति की भी जानकारी लेंगे

इस कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है बीस मिनट के इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के एफ एम न्यूज चैनल और अन्य मीटरों पर सात बजकर दस मिनट से सुना जा सकता है यह कार्यक्रम हर शनिवार को प्रसारित होगा और रविवार को इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुक्ति प्रसंग साप्ताहिकी संस्कृत दर्शन ज्ञान विज्ञान बाल वल्लरी और अनविक्षिकी खंड शामिल होंगे इसमें सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रम भी शामिल होंगे कार्यक्रम की रोचक विशेषता एक भारत श्रेष्ठ भारत है बस संचालन कोरोना संकमण की रोकथाम और बचाव के लिए अंतर्राज्यीय बसों का संचालन आगामी आदेश तक राज्य में बंद रहेगा गृहमंत्रालय ने सभी कलेक्टरों को कड़ाई से इसका पालन कराने के निर्देश दिये हैं वहीं राज्य के भीतर सभी जिलों में यात्री बसों का संचालन सामान्य रूप से किया जायेगा बिजली पासबुक मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब अपने बिजली उपभोक्ताओं को बैंक पासबुक की तर्ज पर बिजली बिल पासबुक उपलब्ध करवाएगी इस पासबुक में ग्राहक के प्रतिमाह के बिजली की खपत और बिल का लेखा जोखा मौजूद रहेगा कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास नरवाल ने बताया ये सुविधा अभी पोर्टल पर प्रारंभ की गई है कुछ माह बाद ऊर्जस मोबाइल एप पर भी प्रारंभ हो जाएगी

इस अवसर पर ग्रू की वंदना और पूजा की जाती हैं हालांकि कोरोना संकमण के चलते इस वर्ष परंपरागत कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है लोग घरों में रहकर ही गुरू की आराधना कर रहे हैं

खंडवा के प्राचीन विटठल मंदिर में दूरी बनाये रखते हए और मॉस्क लगाकर कल पर्व मनाया जायेगा वहीं बैतूल में पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने जिर्ले के श्रद्वालुओं से गुरू पूर्णिमा पर्व पर खंडवा न जाने की अपील की है

गठित की गयीं इन नगर परिषदों में जिला हरदा में नगर परिषद सिलारी बैतूल में घोड़ाडोंगरी शाहपुर मंदसौर में भैंसोदा शिवपुरी में रन्नौद भिंड में रौन मालनपुर रीवा में डभौरा शहडोल में बकहो के नाम शामिल हैं इसी तरह जिला अनूपपुर में डोला ड्रमर कछार उमरिया में मानपुर सागर में बिलहरा सुर्खी मालथौन बांदरी सिवनी में केवलारी छपारा खरगोन में बिस्टान बड़वानी में ठीकरी और जिला धार में बाग और गंधवानी नगर परिषद का भी गठन किया गया है विद्यालय प्रसारण हमारा घर हमारा विदयालय कार्यक्रम के संबंध में एक विशेष रेडियो प्रसारण आज आकाशवाणी के सभी प्राथमिक प्रसारण केन्द्रों से प्रसारित किया जायेगा

जिससे वाहन चालक और पुलिस अधिकारियों को सुविधा होगी